राष्ट्र कोरोना वायरस को हराने के लिए देश की समग्र भावना को प्रकट करने हेत् आज रात नौ बजे नौ मिनट के लिए घरों की बिजली ब्झाकर दीये मोमबतियां या मोबलाइन की फलैश लाइट जगाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान में शामिल होगा प्रधानमंत्री ने एक वीडियों संदेश में कहा कि हम प्रकाश की महाशक्ति का अन्भव करेंगे और हमारी सांझी लड़ाई के सांझे उद्देश्य को और उजागर करेंगे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी दवारा फैलाये जा रहे अंधकार के बीच हमें प्रकाश और उम्मीद की ओर लगातार बढ़ना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय तालाबंदी का है और अधिकतर लोग अपने घरों में बंद है लेकिन हम मे से कोई अकेला नहीं है

प्रधानमंत्री ने दीये जलाते वक्त लोगों को सामाजिक द्री बनाये रखने घरों के अंदर ही रहने और इकट्ठा न होने की अपील की उन्होंने कहा कि हमें कभी भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए आज देशभर में प्रधानमंत्री के आहवान पर कुछ मिनट के लिए टयुबलाइट या बल्ब बंद कर मोमवती दीये आदि जलाने को लेकर विदयुत इंजीनियरों द्वारा खंडन किया गया है ग्रिडफेल होने सम्बधी भ्रांतियों को दूर करते हये उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने फ्रिज पंखे या अन्य विदयूत उपकरण और स्ट्रीट लाइट आदि बंद करने को नहीं कहा जहां तक कुछ मिनटों के लिए बल्ब टय्रब आदि बंद करने का सवाल है ये हर घर में रात को सोते समय किया जाता है आज रात दीप जलाने के प्रधानमंत्री मोदी के आहवान के बाद रेवाड़ी में दीये बनाने और उनकी बिक्री का सिलसिला ज़ोरो पर है मिट्टी के दीये बनाने वाले ब्ज्र्ग ने बताया कि यह उनका प्श्तैनी धंधा है लेकिन वे आज देश के प्रधानमंत्री के आहवान पर दीये बना रहे है जिनकी मांग काफी बढ़ गई है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो सोचकर यह आहवान किया है तो निश्चित रूप से देश के हित मे ही होगा हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आठवी कक्षा तक छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रोमेट किया जायेगा और दसवीं की परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित कर दिया जायेगा उन्होंने लोगों को आज रात नौ बजे मोमबती दीये आदि जलाते समय सामाजिक द्री बनाये रखने की अपील की और कहा कि वे केवल घरों का लाइट ही बंद करे फ्रिज कम्प्यूटर आदि अन्य उपकरणों को चलने दे उन्होंने सेनेटाइज़र लगागर दीये न जलाने की नसीहत भी दी

उन्होंने बताया कि कैबिनेट सचिव ने आज जिला प्रम्खों प्लिस अधीक्षकों और राज्य के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियों कांफ्रेस के माध्य से कोरोना वायरस सम्बधी स्थिति का जायज़ा लिया है श्री अग्रवाल ने कहा कि उन्हें उपकरण और दवायें बनाने वाली इकाड्रयों के काम को निविध्न चलने को स्निश्चित करने को कहा गया है

केन्द्रीय स्वास्थय मंत्री ने वीडियो कांफ्रेस दवारा कोरोना से पीडि़त दो मरीज़ो के साथ बात भी की एम्स के नोडल अधिकारी एंजल राजन सिंह ने बताया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से घर से बाहर निकलते हये सामाजिक द्री बनाये रखने और घरों में भी इसका पालन करने को कहा उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी कोरोना संक्रमण को रोकने मे दवाइयों से भी ज्यादा कारगार साबित हो रही है उन्होंने इस मौके पर लोगों से प्रधानमंत्री की अपील पर आज रात नौ बजे नौ मिनट के लिए मोमबती दीये मोबाइल टार्च जलाने का आहवान किया है

हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन् मंत्री कंवर पाल ग्र्जर ने कहा कि सरकार कोरोना के मरीज़ो का इलाज करने वाले डॉक्टरों नर्सो और पेरामेडिकल कर्मचारियों को पर्यटन निगम के विश्रामलय में ठहरने की स्विधा करेगी जहों पर ये विश्रामलय नहीं है वहां पर उन्हें सभी सरकारी विश्राम ग्रहों में ठहराया जायेगा उन्होंने कहा कि ये प्रबंध उन चिकिंतसा कर्मचारियों के लिए किया गया है जो डयूटी के बाद परिवार की स्रक्षा की दृष्टि से घर नहीं जाना चाहते उन्होंने कहा कि डॉक्टर अने कर्त्तवय का निर्वाह बड़ी तीव्रता से कर रहे है

उन्होंने कहा कि कही भी खाद्ययान्नों की कमी नहीं है उन्होंने लोगों से तालाबंदी की पालना करने की अपील भी की है

हरियाणा में जो नये मामले सामने आ रहे है उनमें से अधिकतर मामले तबलीगी जमातियों के है

सभी अपना एक दिन का वेतन दान देने के लिए आगे आये है

उन्होंने आज चंडीगढ़ में जारी वीडिया संदेश में हरियाणा से ज्ड़ी अपनी यादों का हवाला देते हये कहा कि हरियाणवी होते हये उन्हें उनकी परवाह है उन्होंने लोगों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मिलकर महामारी के खिलाफ लड़ने का निवेदन किया है

उन्होंने इस महामारी बारे पर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और श्री एच डी देव गौड़ा से भी बात की प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की म्ख्यमंत्री ममता बनैर्जी और उड़ीसा के म्ख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बुधवार विभिन्न पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं के साथ वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से बातचीत करेंगे